संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है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 केवल आज को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में और लोकसभा की शाम पाली में होगी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

उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र विशेष परिस्थितिया में हो रहा है और सांसदों ने कोरोना संकट के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन का रास्ता चुना है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 संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज कहा कि सरकार सभी मुद्दा पर चर्चा के लिए तैयार है प्रश्नकाल को स्थगित करने के खिलाफ विपक्ष की आपत्ति का जवाब देते हुए श्री जोशी ने कहा कि ऐसे समय जब विधानसभाएं एक दिन के लिए भी कामकाज को तैयार नहीं हैं संसद का मॉनसून सत्र असाधारण परिस्थिति में बुलाया गया है उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछने के बहुत से तरीके हैं और सरकार चर्चा के लिए तैयार भी है

आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ड्रमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने भोजपुरी राजस्थानी और भोटी भाषाओं को संविधान के आठवें अनुसूचित में शामिल करने की मांग को सदन में उठाते हुए कहा कि भारत ने विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी राजस्थानी और भोटी का अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूचो में शामिल नहीं किया गया है जबकि यह तीनों भाषाएं अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा को मारीशस ने भोटी भाषा को भूटान ने तथा राजस्थानी भाषा को नेपाल ने पहले ही मान्यता दे रखी है उन्होंने कहा कि आज विश्व के सोलह देशों में लगभग बीस करोड़ लोगों द्वारा भोजपुरी भाषा बोली जाती है अतः मैं भारत सरकार ने इसे संविधान के आठवें अनुसूची में शामिल करने की मांग करता हू

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धनगर के छपरौली गांव से इस अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है

भारत की सेवा जनता की सेवा दीनदयाल की सेवा दलित की सेवा पिछडे की सेवा शोषित की सेवा जो समाज के अंतिम पायदान पर खडा है उसकी सेवा करना यह उनके जीवन का ध्येय रहा लक्ष्य रहा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार निवेशकों और आम जनता को सरल और सहज सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है उन्होंने कहा कि निवेशक और आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर प्राप्त होना चाहिये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में ईज ऑफ डूइग बिजनेश के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि निवेशकों और जनता के हित में लाइसेंस प्रक्रिया का पूरी तरह से सरलीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेश आगामी चरण के लिये अधिक प्रयास करते हुए सभी विभाग और सरकारी एजेंसियां प्रदेश का प्रदर्शन और बेहतर बनाये

उन्होंने कहा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिये सर्विलांस टीम की संख्या में वृद्धि की जाये

मुख्यमंत्री ने लखनऊ कानपुर नगर प्रयागराज गोरखपुर वाराणसी और मेरठ में सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पूरी गुणवत्ता और क्षमता से कार्य करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ स्थित केजीएमयू एसजीपीजीआई और आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस द्वारा एक हजार आईसीयू बेडस की व्यवस्था की जाये

प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रमुख सरकारी भवनों औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिये विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है इस बल की सेवाएं भुगतान के आधार पर पाइवेट कम्पनियां भी हासिल कर सकेंगी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर का अधिकारी इस बल का मुखिया बनाया जायेगा शुरूआत में इस बल की पांच बटालियन गठित की जायेंगी इस विशेष सुरक्षा बल का संचालन अलग कानून के अधीन होगा इस बल को बिना किसी वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार रहेगा

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों से ज्यादा है

हिन्दी दिवस आज देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है

हिंदी को राजभाषा बनाए जाने को लेकर संविधान सभा में कोई विरोध नहीं था इसकी वजह से सिर्फ ढाई दिन की बहस के बाद हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया गया

हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार गैर हिंदी भाषी राजनेताओं और विद्वानों ने दिया